इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पत्रकारो को पुरस्कृत किया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने भारतीय परिषद की डायरेक्ट्री नार्म्स ऑफ जर्नालिस्टिक कंडक्ट दो हजार डन्नीस को जारी किया अपने संबोधन में श्री नायडू ने कहा कि सूचना सच्ची और मौलिक होनी चाहिए और इसकी जांच करने के बाद ही इसे प्रकाशित किया जाना जाहिए उन्होंने कहा कि सनसनी फैलाना अब आम बात हो गई है और आज पत्रकारिता के मूल सिद्धांत गायब हो रहे है क्योंकि व्यापारिक समूह राजनीतिक पार्टियां और विख्यात लोग अपने हितों को साधने के लिए टीवी चैनलों और समाचार पत्रों का इस्तेमाल कर रहे है उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगो को जागरुक बनाने की जिम्मेदारी मीडिया पर है और इसे ऐसी गतिविधियों की निंदा करनी चाहिए जो लोंगो के बीच भेदभाव करती है इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरुरत है इधर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपमुख्यमंत्री चाउना मैन सांसद तापिर गाव सहित कई गणमान्य व्यक्ति और राज्यभर के मीडिया कर्मी मौजूद थे इस अवसर पर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नीव रखने वाले स्वर्गीय तारो चातुंग की याद में दो मिनट का मौन रखा गया प्रदेश में मीडिया कर्मियों द्वारा पापुमपारे जिले के जोते में निर्माणाधीन फिल्म एण्ड टेलिविजन इंस्टीट्यूट का नामाकरण स्वर्गीय तारो चातुंग के नाम पर करने से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों की भावनाओं से केंद्र को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों पर जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने के दीर्घाविधि असर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया

आज नई दिल्ली में जारी इस सूची में देश के बीच राज्यों की राजधानियों से पाइप द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली पानी के नमूने लिये गये थे इस अवसर पर श्री पासवान ने कहा कि चंडीगढ़ तिरुअनन्तपुरम पटना भोपाल गुवाहाटी बैंकलूरु गांधीनगर लखनऊ जम्मू जयपुर देहरादून चेन्नई और कोलकाता से लिये गये नमूने भारतीय मानक के पैंमाने पर खरे नहीं उतरे उन्होंने कहा कि पेयजल और प्रदूषण आज देश की सबसे बड़ी समस्याए है श्री पासवान ने कहा कि अगले वर्ष पंद्रह जनवरी तक सौ स्मार्ट शहरों में पेयजल की शुद्धता की जांच पूरी कर ली जायेगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू उपमुख्यमंत्री चाउना मेन सासंद तापिर गाव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे स्थानीय सांस्कृतिक टोलियों ने इस खास मौके पर अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया इस सामुदायिक भवन के बनने से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहायता मिलेगी

इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी क्षेत्र यातायात विभाग ने नाहरलगुन में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से स्थानीय लोंगो को यातायात नियमों के पालन के महत्व पर जागरुक किया इस अवसर पर जिला यातायात अधिकारी चाकफा वांगसू ने लोगो से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की

ईस्ट सियांग जिले में सिसिरी नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पुल का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य डेढ़ साल में पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण की भावना से अरुणाचल प्रदेश के द्रर्गम इलाकों को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमा सड़क संगठन के प्रयासो की सराहना की रक्षामंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों व्यापारियों और श्रमिकों के हितो को ध्यान में रखकर ही आरसेप पर निर्णय लिया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रनियादी सुविधाओ के त्वरित विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया